प्रदेश विधानसभा के शिमला में चल रहे बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान आज विधायक इंद्रदत्त लखनपाल के सवाल के जवाब में ये बात कही मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों के शोषण पर रोक लगाई है और उन्हें हर माह वेतन दिया जा रहा है विधायक राकेश सिंघा के एक प्रतिप्रक सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकार नियुक्ति पत्र जारी नहीं कर सकती मुख्यमंत्री ने कहा कि इन कर्मचारियों को ग्रेच्यूटी देना फिलहाल सरकार के विचाराधीन नहीं है विधायक कमलेश कमारी के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वेर्तमान भोरंज उपमंडल में लगभग सभी विभागों के मंडलीय कार्यालय काँम कर रहे हैं

वॉ कआउट इससे पूर्व प्रदेश विधानसभा में आज आउटसोर्स कर्मचारियों के शोषण का मुद्दा जोर शोर से उठा और विपक्ष ने सरकार पर आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने में नाकाम रहने का आरोप लगाते हुए सदन से वाकआउट किया प्रश्नकाल के दौरान विधायक इंद्रदत्त लखनपाल द्वारा पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर के जवाब पर विपक्ष ने असहमति जताई इस पर सदन में दोनों पक्षों की ओर से शोरगूल आरंभ हो गया और काफी देर तक हंगामा चलता रहा विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों पर ध्यान नहीं दे रही है इंद्रदत्त लखनपाल ने आरोप लगाया कि प्रदेश में बड़े पैमाने पर आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण हो रहा है और सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है इसके बाद पूरा विपक्ष सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए सदन से वाकआउट कर दिया

फर्जी डिग्री मामले पर विधानसभा में आज एक विशेष व्यक्तव्य में उन्होंने कहा कि इस तरह के मामलों से प्रदेश की छवि को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा जयराम ठाकर ने कहा कि सरकार इस मामले पर पूरी तरह गंभीर है और भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो इसके लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि फर्जी डिग्री मामले में सोलन जिला में तीन और ऊना जिला में आईपीसी की विभिन्न धाराओं में एक मामला दर्ज किया गया है उन्होंने कहा कि सोलन धर्मपुर थाना में एक शिकायत पर मानव भारती विश्वविद्यालय के खिलाफ मुकद्मा दर्ज किया गया है उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के सहायक रजिस्ट्रार को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है चर्चा विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने राज्य सरकार पर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इससे प्रदेश कर्ज के बोझ तले और दब गया है तथा विकास दर गिर गई है

अग्निहोत्री ने कहा कि जयराम ठाकर को प्रदेश के सबसे अधिक कर्ज लेने वाले मुख्यमंत्री के रूप में जाना जाएगा उन्होंने बजट दस्तावेज को दिशाहीन करार दिया और कहा कि प्रदेश में वित्तीय अराजकता का माहौल है

अग्निहोत्री ने यस बैंक में कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के डेढ़ सौ करोड़ रूपए की एफडी करवाने और धर्मशाला स्मार्ट सिटी का पैसा इसी बैंक में जमा करवाने पर भी सवाल उठाए भाजपा के राकेश पठानिया ने बजट चर्चा में हिस्सा लेते हए प्रदेश पर कर्जो के बोझ के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया कांग्रेस के मोहन लाल ब्राक्टा ने विधायक निधि को बढ़ाने की मुख्यमंत्री की बजट घोषणा का स्वागत किया और इसे दो करोड़ रूपए करने की मांग की जांच परिवहन मंत्री गोबिंद ठाकुर ने कहा है कि चंबा बस दुर्घटना की मेजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं

उन्होंने कहा कि इस हादसे भें चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी जबकि एक की चंबा अस्पताल में मौत हुई उन्होंने कहा कि हादसे की वजह चालक की लापरवाही हो सकती है और मैजिस्ट्रेट जांच के बाद स्थिति सामने आएगी